स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन प्रस्तावों को कैंसर मधुमेह हृदय और मस्तिष्क से संबंधी रोगों की रोकथाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत ये स्वीकृत दी गई हैं श्री चौबे ने यह भी बताया कि ब्रिटेन का बायोटेक्नोलॉजी और कैंसर अनुसंधान विभाग कैंसर रोगियों के किफायती इलाज खोजने की पांच साल की अनुसंधान परियोजना में सहयोग कर रहा है

उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल में कीटनाशकों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में बहुआयामी अध्ययन प्रारंभ किया है

इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल तीन किस्तों में छह हजार रुपये दिए जाते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस साल पहली दिसम्बर से इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधार आंकड़ों को प्रमाणित होना जरूरी होगा उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों ने लाभार्थियों को आधार आंकड़ों को प्रमाणित करने के बारे में जागरूकता और प्रचार अभियान चलाया है

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता अन्नदाता किसान की समृद्धि है राज्य सरकार ने अपने वचन पत्र के अनुसार जय किसान फसल ऋण माफी योजना लागू कर किसानों को ऋणमुक्त करने का अभियान चलाया है

मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से रविवार को दिन के ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस मासिक कार्यक्रम की यह उनसठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम को आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क के अलावा द दूरदर्शन पर भी सुना जा सकेगा

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यूट्यूब चैनलों पर भी सुना जा सकेगा

शेष करीब दस हजार टन काफी समय तक इधर उधर बिखरा रहता है इस कचरे को इकट्ठा करना बड़ी समस्या है क्योंकि छोटे पाउच पतला प्लास्टिक और प्लास्टिक क्रॉकरी ठीक से इकट्टी नहीं की जाती जो समुद्र में मिल जाती है जहां मछलिया उसे खाती हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि इसके लिए आदत सुधारना जरूरी है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिए प्लास्टिक से बचने के लिए पटसन जैसे विकल्प अपनाए जाने चाहिए

बैठक में नवाचार और सहायक उपकरण उद्योग के क्षेत्र में नीतिगत पहल करने और इससे संबंधित उद्योग में रोजगार के अवसरों पर भी विचार किया विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व बैंक भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई एसोचेम माइक्रोसॉफ्ट आईआईटी जैसे संगठनों ने बैठक में हिस्सा लिया

सुरक्षा व्यवस्था में करीब चार हजार अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं जिनमें जिला पुलिस बल एसएएफ एसटीएफ शामिल हैं इज्तिमा में पहली बार जमातों की सुविधा के लिए मोबाइल एप और क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है महाबोद्वि महोत्सव रायसेन के साँची में संस्कृति विभाग द्वारा कल से दो दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हो रहा है कलाओं में बौद्ध विचार पर एकाग्र इस महाबोधि महोत्सव के प्रथम दिन कल सुरेखा कामले की बुद्ध वंदना और गीत से महोत्सव की शुरुआत होगी